कार्यसूची के मुताबिक आज गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस रहेगा इसके तहत भाजपा के राकेश पठानिया सुख राम चौधरी बलबीर सिंह बर्मा इंद्र सिंह माकपा के राकेश सिंघा और कांग्रेस के लखविंद्र सिंह राणा अपने अपने संकल्प सदन मे प्रस्तुत करेंगे इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र आज विधानसभा परिसर के समीप नवनिर्मित भारत रत्न डॉक्टर भीम राव अंबेदकर पुस्तकालय का उद्घाटन करेंगे शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे

उपायुक्त ऋचा वर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि शिविर के तहत भोरंज विकास खंड की विभिन्न पंचायतों के किसानों ने आवेदन किए हैं उन्होंने कहा कि लाभार्थी पंचायत सचिवों के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज घने बादल छाए हुए हैं हालांकि जनजातीय जिलों लाहौल स्पीति व किन्नौर सहित कुल्लु के उंचाई वाले क्षेत्रों में बीती रात हिमपात हुआ जिससे ठंड तेज हो गई है हमारे केलंग प्रतिनिधि के मुताबिक लाहौल स्पीति में पिछली बर्फबारी से अभी भी जहां सड़कें अवरूद्व हैं वहीं ताजा बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं

हॉकी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के हॉकी खिलाड़ियों के लिए कल हमीरपुर में एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया जिसमें भारत के पूर्व हॉकी कप्तान सरदारा सिंह ने खिलाड़ियों को महत्वपूर्ण टिप्स दिए उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य उभरते खिलाड़ियों को सही दिशा प्रदान करके उनकी प्रतिभा को निखारना है

अमर उजाला ने मुख्यमंत्री के बयान को सुर्खी दी है जलरक्षक होंगे नियमित पैट और सभी पीटीए शिक्षकों को रेगुलर समान वेतन पंजाब केसरी के शब्द हैं लैफ्ट आऊट पीटीए शिक्षकों को रैगुलर के बराबर मिलेगा वेतन हिमाचल दस्तक का शीर्षक है जलरक्षक रेगुलर होंगे छूट गए पीटीए को पूरा वेतन दिव्य हिमाचल लिखता है सरकार पर भड़के विपक्ष का दो बार वाकआऊट वहीं दैनिक जागरण का कहना है सीएम के बयान पर विपक्ष का वाकआउट दैनिक सवेरा टाइम्स ने लिखा है हिमाचल विधानसभा में हंगामे के बाद विपक्ष का वॉकआऊट दैनिक भास्कर के शब्द हैं विधायक हर्षवर्धन बोले ऐच्छिक निधि के चेक अगले वित वर्ष के देकर रची जा रही हमारे खिलाफ साजिश आपका फैसला के मुताबिक विशेषाधिकार हनन नोटिस पर निर्णय न देने पर भड़का विपक्ष पंजाब केसरी ने खबर दी है रैजीडेंट्स डाक्टरों के लिए बैंक गारंटी खत्म अमर उजाला लिखता है पीजी के लिए डॉक्टरों को नहीं देनी होगी अब बैंक गारंटी हड़ताल खत्म दिव्य हिमाचल का शीर्षक है डॉक्टरों से नहीं ली जाएगी बैंक गारंटी हिमाचल दस्तक का कहना है खत्म होगा बैंक गारंटी का झंझट

मौसम पर दैनिक जागरण ने सुर्खी दी है आज प्रदेश के पांच जिलों में हिमखंड गिरने की चेतावनी वहीं अमर उजाला लिखता है हिमखंड गिरने से लाहौल में पेट्रोप पंप ध्वस्त पंजाब केसरी के अनुसर लाहौल स्पीति में ग्लेशियर से तांदी पैट्रोल पंप सहित मिक्सिंग प्लांट तबाह एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय सख्त कार्रवाई जरूरी में लिखा है कि सरकार को चाहिए कि प्रदेश की शांति व्यवस्था में खलल डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए साथ ही सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय टैक्स फ्री सौहार्द कब तक में प्रदेश के आम बजट पर अपने विचार व्यक्त किए हैं